राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की झारखण्ड में कोरोना का चौथा पॉजिटिव मरीज राजधानी रांची के हिन्दपीढ़ी इलाके से मिला है मुख्यमुंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संक्रमित लोगों की समुचित निगरानी की जाएगी

यह अध्ययादेश एक अप्रैल से प्रभावी हो गया

यह राशि भी भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद बताया कि राज्यपाल महोदया को कोरोना संकट से निकलने की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई है

संक्रमित लोगों की संख्या अब चार हजार सरसठ हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि दो सौ बानवे मरीज स्वस्थ हो गए हैं वहीं एक सौ नौ लोगों की मौत हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक नवासी हजार पांच सौ चौतीस नमूनों की जांच हुई है

लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें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

वरिष्ठ मनोचिकित्सक और सलाहकार डॉक्टर अवधेश शर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे

हमारे ट्वीटर हैंडल एआइआर न्यूज पर हैष टैग आस्क एआइआर पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं

इस इलाके से यह दूसरी कोरोना पॉजिटिव मरीज है

राज्य में चौथी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर मुख्यमुंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संक्रमित लोगों की समुचित निगरानी की जाएगी उनके चिकित्सा की व्यवस्था की गई है राज्य की जनता इस आपदा से निपटने में प्रषासन को सहयोग करे निर्देषों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाएगी

पीड़ित महिला राज्य की पहली संक्रमित मलेशियाई महिला के सीधे संपर्क में आयी थी इसके साथ ही अब राज्य में कोरोना के चार केस हो गये हैं सबसे पहले हिंदपीढ़ी से ही मलेशिया से तबलीगी जमात में रांची आई महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी इसके बाद हजारीबाग को विष्णुगढ़ से दूसरा मरीज बोकारो के चंद्रपुरा के तेलो गांव से तीसरी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिली थी राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में चौथा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आज से इस क्षेत्र में सख्ती से लॉक डाउन का पालन कराया जा रहा है मरीज के संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है यह महिला मरीज शनिवार को रिम्स में जांच कराने पहुंची थी

वहीं महिला के संपर्क में रहने वाले छह संदिग्ध लोगों को भी रिम्स लाया गया है यह महिला मलेशियाई महिला के निकट सम्पर्क में आयी थी राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है

अब उन जगहों पर रैपिड टेस्ट होगा जहां संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता ने एंब्लेंस सहित सभी वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉक डाउन की अवधि में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए एंबुलेंस और पास वाले वाहनों का दुरूपयोग किये जाने की सूचना पुलिस को मिली थी इसके बाद एसएसपी ने रांची के सभी थाना क्षेत्रों में एंबुलेंस सहित अन्य वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया है शहर के कई चौक पोस्टों पर पुलिस द्वारा एंबुलेंस सहित अन्य वाहनों की जांच की गयी

कोई झारखंडी भूखा ना रहे यही सरकार का लक्ष्य है मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्य के कई परिवार को राशन एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर सूचित करने का निदेश उपायुक्तों को दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि अफवाहों के कारण कोई वंचित न रहे राशन और भोजन हर जरूरतमंद तक पहुँचे

राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीएचएच कार्डधारियों को अप्रैल और मई महीने में दस किलो खाद्यान प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा वहीं जून महीने में पांच किलोग्राम अनाज प्रति सदस्य एक रूप्ये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा और पांच किलोग्राम अनाज प्रति सदस्य निःपुल्क उपलब्ध कराया जाएगा वहीं अन्तयोदय अन्य योजना वाले कार्डधारियों को अप्रैल महीने सत्तर किलो प्रति कार्डधारी एक रूपये की दर से उपलब्ध कराया जाएगा वहीं मई महीने में दस किलो ग्राम प्रति सदस्य निःषुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाएगा वहीं जून महीने में अन्तयोदय अन्य योजना कार्ड धारियों को प्रति कार्ड एक रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा और पांच किलो ग्राम खाद्यान प्रति सदस्य निःषुल्क अनाज उपलब्ध कराया जाएगा जामताड़ा जिला प्रषासन द्वारा तीर्थयात्रियों के एक दल को मिहिजाम नगर भवन स्थित कोरेंटाईन सेंटर में रखा गया है तीर्थयात्रियों के इस दल के लोग झारखंड होते हुए उत्तमपुर हुगली पश्चिम बंगाल जा रहे थे

मेडिकल टीम के द्वारा सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद भोजन उपलब्ध कराया गया कोरेंटाईन किये तीर्थ यात्रियों के दल के सभी सदस्यों को समय पर आवष्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है

इस प्रणाली की भारत सरकार के द्वारा भी सराहना की गई है पंद्रह से बीस हजार रूपए की लागत वाली इस ब्रथ से आसानी से सैंपल के कलेक्शन के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है इस बुथ में सुरक्षा के सभी मानको का पुरा ध्यान रखा गया है गिरिडीह जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने ग्रामीणों की षिकायत पर कम राषन देने वाले दुकानों की जांच कर कहा कि राषन वितरण करने में अनियमितता बरतने वाले जन वितरण प्रणाली के द्वकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी राज्य भर में आज जैन धर्मावलंबियों का पर्व महावीर जयंती मनाई जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर की अंहिसा सत्य और त्याग की नेक शिक्षाए हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक रही हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर के अंहिसा सत्य ईमानदारी निस्वार्थ सेवा और बलिदान के संदेश शाश्वत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन सत्य अहिंसा और सादगी पर आधारित था और यह हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना रहेगा इधर रांची में भी महावीर जयंति सादगी से मनाई गई इस मौके पर जैन समाज के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े होकर पांच मीनट तक घंटी थाली और ताली बजाकर महावीर उत्सव मनाया